वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरिद्वार में मॉडल डिग्री कॉलेज का भी किया शिलान्यास

पीएम दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू और लेह में कई हजार करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री ने विजयपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की आधारशिला रखी जम्मू के विजयपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में नई बिजली परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा

श्री मोदी ने लद्दाख विश्वविद्यालय की शुरूआत भी की लद्दाख में यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय है लेह करगिल नुबरा जंसकार द्रास और खालसी के डिग्री कॉलेज इस विश्वविद्यालय के अधीन होंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए बजट में घोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेह लद्दाख के किसानों को भी मिलेगा उन्होंने कहा कि पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को हर साल सीधे ही उनके बैंक खातों में रकम जमा की जाएगी प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरिद्वार में मॉडल डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास किया गौरतलब है कि प्रदेश में तीन मॉडल डिग्री कॉलेज बनने हैं भारत के मन की बात भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान की शुरुआत की

इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अभियान होगा इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया का लोकतंत्रीकरण करना है और इस अनूठे प्रयोग से लोकतंत्र मजबूत होगा उन्होंने बताया कि इससे पार्टी को नए भारत का सपना साकार करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस कवायद के लिये पार्टी ने एक वेबसाइट भी तैयार की है इसके अलावा व्हाट्सएप ई मेल मिस्डकॉल के जरिये भी विचार प्राप्त किये जायेंगे

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत और सांसद अनुराग ठाकुर ने किया

मैन ऑफ द मैच सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा को सम्मानित किया गया टीम का नेतृत्व प्रकाश पंत ने किया टरबाइन से बिजली आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नदी के बहते हुए पानी की सतह पर टरबाइन लगाकर जनरेटर की सहायता से बिजली बनाने की कवायद शुरू कर दी है गौरतलब है कि बांध बनाकर बिजली पैदा करने के तरीके से पर्यावरण संतुलन को खतरा बना रहता है इसलिए आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक खोज निकाली है जिस पर वो काम कर रहे हैं यदि यह तकनीक सफल रही तो आने वाले समय में बांधों से छुटकारा मिल सकता है

वहीं सात फरवरी को कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और बर्फबारी के साथ ही गढ़वाल मंडल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है प्रदेश में मौसम साफ है और धूप खिली है लेकिन उच्च पर्वतीय जिलों के कई गांव अब भी बर्फ में कैद हैं आने जाने के पैदल रास्ते भी बंद हैं इस बीच सड़कों पर से बर्फ की सफायी का काम तेजी से किया जा रहा है कई मोटरमार्गो को यातायात के लिए सुचारु कर दिया गया है रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ में कुछ मार्ग अवरुद्व हैं जिन्हें खोलने का काम जारी है प्रेस वार्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डा मोहन भागवत चार दिवसीय उत्तराखण्ड प्रवास पर रहेंगे वे आगामी पांच फरवरी से आठ फरवरी तक जी देहरादून में रहेंगे आज देहरादून में विश्व संवाद केंद्र में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह शशिकांत दीक्षित ने पत्रकरों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस दौरान सर संघचालक मोहन भागवत संघ कार्य की स्थिति और विस्तार की समीक्षा करेंगे साथ ही मुख्य शिक्षक और प्रान्त स्तर तक के कार्यकताओं से विभिन्न बैठकों के माध्यम से भेंटवार्ता कर मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य भी किया जायेगा मतदाता जागरूकता अभियान आमजन को चुनाव और मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा

क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल नीलामी में लोअर रिजर्व प्राइस पर बिडिंग कर सकते हैं